उच्चतम न्यायालय ने रजिस्ट्री कार्यालय में श्रष्टाचार को रोकने के उददेश्य से केन्दीय जांच ब्यूरो सीबीआई और दिल्ली ्लिस के वरिष्ठ अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है अ नी हचान गूप्त रखे जाने की शर्त र एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई में उच्चतम न्यायालय की विभिन्न श्रीठों के सामने बिना बारी के मामलों को सूची में शामिल किये जाने के आरोधों का संज्ञान लेते हये न्याय ालिका के प्रम्ख के तौर अ ने प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करते हये ये व्यवस्था की है म्ख्य न्यायाधीश के आदेशान्सार सीबीआई और दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को रजिस्ट्री में तैनात किया जायेगा इन प्लिस अधिकारियों को कर्मचारियों और वकीलों के मामलों और अन्य गतिविधियों की संदिग्ध स्ची र निगरानी रखने के लिये प्रतिनिय्क्ति र रखा जायेगा हाल ही में एक उद्योगप्रति से सम्बधित मामले मे एक आदेश बदलने के आरो में म्ख्य न्यायाधीश ने अदालत ने दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था उच्चतम न्यायालय ने एक सदस्यीय जांच पैनल को भी निय्क्त कियाहै उल्लेखनीय है कि एक वकील ने आरो लगाया था कि बिचौलिये मामले को सूचीबद्व करने में सक्रिय थे इस पैनल की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के ूर्व न्यायधीश ए के टनायक कर रहे है हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि किसानों को बाजार की मांग के अन्रू अ ने फसल चक्र फसल प्रबंधन एवं फसल वि णन प्रबंधन की अवधारणा बदलनी होगी तथा धान गेंह के फसल चक्र से हटकर स्वयं को बागवानी की ओर मोडऩा होगा व बागवानी फसलों की संरक्षित खेती मॉडल को अ नाना होगा

श्री धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा में शीघ्र ही प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज प्र मुख्य मंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू करने का प्रस्ताव है

फसल बीमा योजना में हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया है और देश में अव्वल स्थान हासिल किया है उन्होंने बताया कि हरियाणा में एग्रो बिजनस स्कूल खोलने का निर्णय लिया है हरियाणा विधानसभा की उ ाध्यक्ष संतोश यादव ने आज नारनौल जिले के गांव कंज रा में एक करोड़ बयासी लाख रू ये के विकास कार्यो का उदघाटन व शिलान्यास किया इनमें ग्राम ज्ञान केन्द्र श् चिकित्सालय व गांव की चारदीवारी के सम्बद्व विकास कार्य भी शामिल है

उ ाध्यक्ष ने अ ने सम्बोधन में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की उ लब्धियों का जिक्र करते हथे कहा कि दक्षिण हरियाणा की नहरों को हली बार ानी हंचकर सरकार ने किसानों के प्रति प्रतिबद्वता दोहराई है

हरियाणा में विधायलय शिक्षा बोर्ड ने एक अनूठी हल करते हये अ ने राधा कृष्ण लैब स्कूल के सभी बच्चों के लिये स् र ब्रेन योगा की शुरूआत की है जिसके तहत बच्चे योग प्रशिक्षक की देखरेख में दोनो कान कड़कर उठक बैठक करते है

इससे सज़ा के साथ साथ बच्चों को फायदा होता था रक्त संचार बढ़ता था और उनके एकाग्रता आती थी राष्ट्रीय कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी ेढ़ाओ के तहत जन्म के समय लिंगान् ात के सम्बन्ध में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हुए युवा राज्य हरियाणा ने छ मास की अल् ावधि में एक राज्य स्तरीय और दो जिला स्तरीय रस्कारों सहित तीन रस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है रस्कार के लिए चयनित हरियाणा के दो जिलों में भिवानी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं

उन्होंने कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री इस समारोह में उ स्थित रहेंगी और राज्यों एवं जिलों को सम्मानित करेंगी

अम्बाला शहर के अग्रसेन चौक स्थित डाकघर में आज हरियाणा सर्कल के म्ख्य डाक प्रबंधक रंज् प्रसाद ने ई डाकिया का श्भारंभ किया इस मौके शर उन्होंने कहा कि डिजीटल इंडिया की ओर कदम बढ़ते हये लोगों की स्विधा के लिये श्रू किये गये ई डाकिया व डाक वितरण मोबाइल ऐ लोगों के लिये फायदेमंद सावित होगा उन्होंने कहा कि इस स्विधा से न केवल कागज़ की बजत होगी वहीं काम करने में भी तेज़ी आयेगी

म्ख्य डाक प्रबंधक ने कहा कि ई डाकिया मोबाइल वाले ऐ में त्र ार्सल कैश डिलीवरी वाले सामान का वितरण स्रक्षित रहेगा और ोस्टमैन अ ने इंटरनेट से ज्ड़े विभागीय मोबाइल से डाक वितरण का सकेगा प्रांरभिक चरण में ये सेवा अम्बाला संचकूला यम्नानगर के डाकघरों में मिलेगी

आज लोकसभा में रक प्रश्नों का उत्तर देते हये श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवा ने कहा कि देश के कुल सात सौ बाईस जिलों से ांच सौ इक्तालिस जिलों में कामगारों को डाक्टरी और नकदी लाभ देने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानि ईएसआई स्कीम लागू की जा चुकी है

उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग तीन करोड़ साठ लाख कर्मचारी सरकार से इस प्रयास से लाभान्वित होंगे

ये विधेयक वि क्ष के नेता जैसे लोकसभा मे जहां वि क्ष का नेता नहीं है वहां सदन में सबसे बड़े वि क्षी दल के नेता को ट्रस्टी के तौर र प्रतिनिधित्व देने के लिये लाया गया है विधेयक संस्कृति बारे मंत्री मंत्री प्रहलाद सिंह ने ऐश किया फतेहाबाद के रतिया इलाके में प्लिस ने एक महिला और एक प्रुष को हेरोइन की तस्करी करते हए काबू किया है